रफाल को शामिल किये जाने से पहले वायु सेना स्टेशन पर सर्व धर्म पूजा की गयी जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से पूजा अर्चना की इस मौके पर रफाल विमानों ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ सुखाई विमानों के साथ तालमेल बैठाते हुए शक्ति तथा तालमेल और जौहर का प्रदर्शन किया चीन के साथ लंबे समय से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि रफाल लड़ाकू विमान से वायु सेना की ताकत और क्षमता कई गुना बढ गयी है

श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यस्थाएं भी की हैं

धार से सांसद छतर सिंह में संकमण की पुष्टि हई है उन्होंने अपने संपर्क में आये सभी लोगों से कोविड जांच कराने की अपील की है

इस दल की दोपहर साढ़े तीन बजे प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक होगी संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व वाली टीम में कृषि वित्त जल संसाधन सड़क परिवहन और राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं केंद्रीय अध्ययन दल बाढ़ प्रभावित जिलों सीहोर रायसेन होशंगाबाद हरदा और देवास का दौरा कर फसलों सहित अन्य न्कसान का आकलन करेगा आत्म हत्या निरोध दिवस आज विश्व आत्म हत्या निरोध दिवस है हर वर्ष दस सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्य संगठनों के सहयोग से इस प्रवृत्ति के खिलाफ विश्वव्यापी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का आयोजन करता है आज शिक्षा और स्मारकीय आयोजनों संवाददाता सम्मेलनों के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं